पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के सम्पन्न चुनाव में अध्यक्ष पद पर जदयू के मोहित प्रकाश ने जीत दर्ज की है श्री प्रकाश ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अभिनय कुमार को एक हजार दो सौ वोट से पराजित किया एबीवीपी की अंजना सिंह उपाध्यक्ष मणिकांत मणि महासचिव निर्वाचित हुए है जबकि छात्र जदयू के कुमार सत्यम कोषाध्यक्ष पद के लिए चुने गये वाम दल छात्र राजद जनाधिकार छात्र परिषद का एक भी प्रत्याशी सेंट्रल पैनल में जगह नहीं बना पाया है वहीं पटना विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों और विभागों के चौबीस काउंसलरों में सर्वाधिक आठ पद पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है उच्चतम न्यायालय ने निवेशकों को फ्लैट देने में विफल रही रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली की संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया है जब्त संपत्तियों में आरा बक्सर और राजगीर सहित कई स्थानों की संपत्तियां शामिल हैं इस कंपनी पर निवेशकों के लगभग तीन हजार करोड़ रूपये बकाया है केन्द्र सरकार ने एक अप्रैल दो हजार उन्नीस से सभी वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नम्बर लगाना अनिवार्य कर दिया है नयी व्यवस्था के तहत अगले वर्ष अप्रैल से देश भर मे बिकने वाले वाहनों में यह प्लेट वाहन के साथ लगा हुआ मिलेगा इस व्यवस्था से सभी वाहनों की ऑनलाईन ट्रैकिंग हो सकेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोशल मीडिया के मंच इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक लोकप्रिय वैश्विक नेता बनकर उभरे हैं उन्हे चौदह करोड़ अस्सी लाख लोग फॉलो करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टि्वप्लोमेसी से जारी सूची के अनुसार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो दूसरे और अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प तीसरे नंबर पर हैं प्रधानमंत्री मोदी ट्विटर और फेसबुक पर भी बहुत सक्रिय हैं ट्विटर पर चार करोड़ तीस लाख से ज्यादा और फेसब्क पर चार करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स की संख्या के साथ श्री मोदी सोशल मीडिया पर सर्वाधिक लोकप्रिय वैश्विक नेता हैं केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत दो सौ चौवन परियोजनाओं के लिए चौबीस हजार करोड़ रुपये मंजूर किए हैं कल नई दिल्ली में इंडिया वॉटर इम्पेक्ट समिट दो हजार अठारह का उद्घाटन करते हुए जल संसाधान नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पिछले चार वर्षों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत करीब पांच हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं जल संसाधन मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय की प्राथमिकता गंगा में प्रद्षण के रोकथाम की है और इसको लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वर्ष दो हजार उन्नीस के अंत तक सभी इच्छ्क किसानों को सोलर एनर्जी वाले बिजली कनेक्शन मुहैया करा दिये जायेंगे श्री कुमार ने पश्चिम चंपारण जिले के चंपापूर और रघिया गांव में सौर ऊर्जा ग्रिड और हर घर बिजली योजना का जायजा लेने के बाद कहा कि मौजूदा समय में सौर ऊर्जा अहम् हो गयी है पहाड़ी जंगली और क्छ अन्य इलाकों में ऑफ ग्रिड के माध्यम से घरों में बिजली पहुंचायी गयी है पूरे बिहार में सिंचाई के लिए अलग कृषि फीडर लगाया जा रहा है राज्य में जर्दा और तंबाकू की बिक्री पर बिहार सरकार की ओर से लगाये प्रतिबंध पर पटना उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है साथ ही इस संबंध में राज्य सरकार से जबाव तलब किया है पच्चीस अक्टूबर दो हजार सत्रह को जर्दा और तंबाकू की बिक्री पर सरकार ने प्रतिबंध का आदेश जारी किया था इसके खिलाफ जर्दा कंपनी की ओर से दायर याचिका पर पटना उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए यह रोक लगायी है

बारह तेरह पन्द्रह और सत्रह जनवरी को परीक्षा का आयोजन किया गया है आयोग के सूत्रों ने बताया कि बारह को सामान्य हिन्दी तेरह और पन्द्रह को सामान्य अध्ययन जबकि सत्रह जनवरी को ऐच्छिक विषय की परीक्षा आयोजित की गयी है रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और बक्सर के बीच आज से विशेष सवारी गाड़ी का परिचालन करने का निर्णय लिया है पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि बक्सर दीनदयाल उपाध्याय सवारी गाड़ी बक्सर से दोपहर दो बजे खुलेगी प्रदेश की आशाकर्मियों की हड़ताल आज छठे दिन भी जारी है हड़ताल के कारण आंगनबाड़ी केन्द्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुई है कई जगहों पर हड़ताली कर्मियों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया आशाकर्मियों के संगठन ने कहा है कि जब तक मासिक मानदेय बढ़ाने पर सरकार गंभीरता से विचार नहीं करती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी पटना जिले में पुनपुन अंतर्राष्ट्रीय खरमास मेले की शुरूआत सत्रह दिसम्बर से होगी

पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए जिलाधिकारी कुमार रवि ने बैठक की बैठक में निर्णय लिया गया कि पुनपुन स्टेशन पर मेला के दौरान पैसेंजन ट्रेनों का एक से दो मिनट ठहराव करने के लिए रेलवे से अनुरोध किया जायेगा राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है सुबह से ही कई इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाये हुए हैं मौसम विभाग ने कहा है कि दस दिसम्बर के बाद पूरे प्रदेश में ठंड के प्रकोप में वृद्धि होने की संभावना है पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में आज से रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मुकाबले में बिहार का सामना अरूणाचल प्रदेश से होगा बिहार टीम का नेतृत्व बाबुल कुमार कर रहे हैं रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रूप में यह बिहार का यह चौथा मुकाबला है रणजी ट्राफी में बिहार ने अब तक सात अंक हासिल किये हैं पटना में आयोजित ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट में बिहार की प्रियम कुमारी और मेधावी सिंह ने र्क्वाटर फाइनल में प्रवेश कर लिया है जमुई में सम्पन्न राज्य स्तरीय रग्बी प्रतियोगिता में पटना की टीम ने खिताब पर कब्जा जमाया और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को अपनी सुर्खी बनाया है अगुस्ता घोटाले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए हिन्दुस्तान लिखता है मोदी बोले राज खोलेगा राजदार मिशेल दैनिक जागरण की सुर्खी है छात्र जदयू के मोहित कुमार बने पूसू अध्यक्ष दैनिक भास्कर का शीर्षक है बीस करोड़ के घर जमीन के लिए हाईकोर्ट के वकील की गोली मारकर हत्या पत्नी खगौल के वार्ड पार्षद समेत चार हिरासत में प्रभात खबर ने लिखा है आम्रपाली ग्रुप के होटल मॉल सिनेमा हॉल व फैक्ट्री को कुर्क करने का आदेश राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा मौजूदा समय में सौर ऊर्जा अहम आज अखबार की सुर्खी है एनडीए को गुड बाय कर सकते हैं कुशवाहा